मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज लोगों से अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने इकोफ्रेण्डली गणेशोत्सव मनाने का आग्रह किया है उन्होंने महापुरुष लोकमान्य तिलक चन्द्रशेखर आजाद और महाकवि गोपालदास नीरज को याद किया प्रधानमंत्री ने महाकवि गोपालदास नीरज को श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि नीरज जी की एक विशेषता थी कि उनकी आशा भरोसा दुढ़संकल्प और स्वयं पर विश्वास हर बात प्रेरणा दे सकती है श्री मोदी ने कहा कि स्मार्ट गाँव एप न केवल गांवों के लोगों को पूरी दुनियां से जोड़ रही है बल्कि अब वे कोई भी जानकारी या सूचना खुद के मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के गरीब परिवार से जुड़े कालेज के छात्र आशाराम चौधरी का जिक करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन की मुश्किल चुनौतियों को सामना करते हुए सफलता हासिल की है सीएम पीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ा पाप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने का किया है जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भिण्ड पहुंचे मुख्यमंत्री ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकासशील श्रेणी में लाकर खडा किया है कांग्रेस शासन में सडकें गढढों में तब्दील थी गांवों में बिजली नहीं थी और किसानों के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी की उंचित व्यवस्था नहीं थी उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चौदह वर्षो में भाजपा सरकार ने प्रदेश में बिजली पानी और सड़क की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री ने कहा कि भिण्ड और मुरैना डकैतों के आतंक से कभी भयभीत रहते थें लेकिन अब यहां से सभी डकैत गिरोंहो का सफाया कर दिया गया है उन्होंने कहा कि चंबल के विकास में भाजपा सरकार कोई कमी नहीं रखेगी चंबल क्षेत्र को पानी देने के लिए दो हजार चार सौ पैतालीस करोड़ रुपये की सिंध बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी गई है कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के शिक्षकों की समस्यायें सुलझाने में गंभीर नहीं है भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार गरीबों का शोषण कर रही है इस बात को प्रदेश का गरीब समझ चुका है श्री कमलनाथ भोपाल में महिला कांग्रेस के आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए बाघ दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है

इसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण और इसके लिए जागरुकता लाना है मौसम प्रदेश में मानसून के कमजोर पड़ने से तेज बारिश की संभावना चार पांच दिन के लिए टल गई है मानसून के कमजोर पड़ने से प्रदेश में पिछले दो दिनों से कहीं पर छिटपुट और कहीं पर हल्की बारिश हो रही है यह स्थिति पांच दिन तक बने रहने की संभावना है वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने का अनुमान है इसके बाद ही प्रदेश के मॉनसून में बदलाव आने की संभावना है इसके लिए चार से पांच दिन और इंतजार करना पड सकता है मौसम विभाग ने बताया कि आज प्रदेश के जबलप्र रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड सकती है राज्य के शेष हिस्सों में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है राजधानी भोपाल में आज आकाश की स्थिति मेघमय बने रहने का अनुमान है शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है हमारे धार संवावदाता ने बताया है कि पिछले साल की तुलना में इस बार जिले में कम वर्षा दर्ज की गई है अभी तक जिले में तीन सौ पंद्रह दशमलव सात मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है वहीं मुरैना के जौरा और केलारस तहसील के सोन और क्वारी नदी पर छह महीने पहले शुरू किये गये पुलों की सड़क पर बारिश के बाद बड़ी दरारे आ गई है इन दोनों ही पुलों का औपचारिक शुभारंभ अगस्त में होना था